देश में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए कोविड टीकाकरण का द्रसरा चरण आज से शुरू हो गया है

वहीं विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की कक्षाए भी पद्रह फरवरी से शुरू हो जाएगी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज रायपूर में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया बैठक के बाद ॅकैबिनेट में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने बताया कि प्रदेश में कौशल विकास के सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भी शुरू करने का निर्णय लिया गया है स्कूल और महाविद्यालयों की कक्षाओं में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जारी सभी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा जिन विद्यार्थियों में कोरोना संक्रमण के लक्षण दिखाए देंगे उन्हें कक्षाओँ में नहीं बैठने दिया जाएगा बैठक में सभी वर्गों के आवासहीनो को आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में राजीव नगर आवास योजना का क्रियान्वयन करने का निर्णय लिया गया इसके तहत छत्तीसगढ गृह निर्माण मंडल को एक रूपये प्रति वर्गफीट की दर से शासकीय भूमि उपलब्ध कराई जाएगी इस योजना में राज्य के समी शहरी अर्द्ध शहरी और बड़े कस्बों में एक लाख आवासीय भवन बनाए जाएंगे बस्तर संभाग के सभी जिलों में बस्तर फाइटर्स विशेष बल के गठन का भी निर्णय लिया गया है इसमें जिले के कैडर के आधार पर भर्तियां की जाएंगी वहीं गोधन न्याय योजना के तहत गौठान समिति और स्व सहायता समूहों को आत्मनिर्भर बनाने के संबंध में भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं प्रतिकिलो वर्मी कम्पोस्ट की विक्रय दर दस रूपये में से गोबर क्रय की लागत राशि पांच रूपये संबंधित गौठान सभिति को दिया जाएगा साथ ही प्रतिकिलो वर्मी कम्पोस्ट विक्रय दर से प्राप्त संभावित लाभांश राशि को पचयासी पंद्रह के अनुपात में स्व सहायता समृह और गौठान समितियों को आवंटित किया जाएगा कैबिनेट ने तेंद्रपत्तों के व्यापार से प्राप्त शद्ध आय में से पंद्रह प्रतिशत राशि संग्राहक समितियों को अराष्ट्रीयकृत लघू वनोपजों के व्यापार के साथ साथ लाख पालन के लिए भी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है कैबिनेट के निर्णय के मुताबिक जल जीवन मिशन के तहत गांव की नल जल योजनाओं या रेट्रोफिटिंग कार्यो का एकल या समुह में निविदा के माध्यम से पांच करोड़ रूपये तक के वित्तीय अधिकार जिला जल और स्वच्छता मिशन को सौंपा गया है कोरोना टीकाकरण देश में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए कोविड टीकाकरण का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि यह द्सरा टीका उन लाभार्थियों को लगाया जा रहा है जिन्हें विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत के दिन सोलह जनवरी को टीका लगाया गया था इधर छत्तीसगढ़ में भी स्वास्थ्यकर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना टीका लगाने का कार्य जोरशोर से जारी है प्रदेश में कल तक दो लाख नौ हजार पांच सौ दो स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी है कल चार सौ तिरानवे केन्द्रों में तीन हजार नौ सौ अठासी स्वास्थ्यकर्भियों और दस हजार चार सौ निन्यानर्व फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाया गया इसी कड़ी में भिलाई के सेक्टर छह स्थित सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के सीमांत मुख्यालय अस्पताल में बीएसएफ के एक सौ नब्बे अधिकारी कर्मचारियों को भी कोरोना का टीका लगाया गया वहीं प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के दो सौ उनतीस नये मामले सामने आए इन्हें मिलाकर प्रदेश में अब तक कोरोना पॉजीटिव मरीजों की संख्या तीन लाख आठ हजार सात सौ से अधिक हो गई है इसके साथ ही कल दो सौ सड़सठ लोगों को संक्रमण से स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया गया इन्हें मिलाकर प्रदेश में अब तक तीन लाख एक हजार छह सौ अड़तालीस लोग संक्रमणमुक्त हो चुके हैं वर्तमान में तीन हजार दो सौ सतयासी मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चेल रहा है इस बीच कल कोरोना से छह लोगों की मौतें हुई हैं इन्हें मिलाकर प्रदेश में कोरोना से अब तक तीन हजार सात सौ छियासठ लोगों की मौत हो चुकी है संसद संतोष पांडेय राजनांदगांव सांसद संतोष पांडेय ने लोकसभा में चर्चा के दौरान दूरदर्शन रायपुर से छत्तीसगढ़ी भाषा में समाचार शुरू करने की मांग की है इस पर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जॉवड़ेकर ने आश्वासन दिया कि जो भी संभव होगा उसे किया जाएगा और जल्द से जल्द छत्तीसगढी भाषा में समाचार का प्रसारण शरू होगा श्री पांडेय ने अपने भाषण में कहा कि छत्तीसगढ़ में बस्तर से लेकर सरगुजा तक करीब दो करोड़ लोग छत्तीसगढ़ी भाषा में बात करते हैं पीएससी परीक्षा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा दो हजार बीस कल चौदह फरवरी को दो पालियों में आयोजित की जाएगी इसके लिए रायपुर में उनहत्तर परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं

संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने वर्ष दो हजार ग्यारह में विश्व रेडियो दिवस मनाने का निर्णय लिया था संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष दो हजार बारह में इसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में अपनाया इस साल के विश्व रेडियो दिवस का विषय है नई दुनिया नया रेडिया इसके तहत पूरे संकट काल के दौरान रेडियो के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं को सामने लाया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि रेडियो सकारात्मक रूप से लोगों को प्रभावित करने का एक अच्छा माध्यम है टवीट संदेश में प्रधानमंत्री ने रेडियो के सभी श्रोताओं को श्रभकामनायें दी हैं केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने विश्व रेडियो दिवस पर सभी को श्र्मकामनाएं दी हैं श्री जावडेकर ने कहा कि रेडियो का लगातार विस्तार हो रहा है इधर छत्तीसगढ़ में भी विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर अनेक आयोजन किए जा रहे हैं रायपुर के सर्किट हाउस में आयोजित कार्यक्रम में महापौर एजाज ढेबर ने रायपुर स्थित गांधी उद्यान में रेडियो पार्क बनाने की घोषणा की वहीं जांजगीर चांपा जिले में भी विश्व रेडियो दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है लोकवाणी मुख्यमंत्री भूपेश बधेल की मासिक रेडियोवार्ता लोकवाणी की पंद्रहवीं कड़ी का प्रसारण कल चौदह फरवरी रविवार को होगा मुख्यमंत्री लोकवाणी में इस बार उपयोगी निर्माण जनहितैषी अधोसंरचनाएं आपकी अपेक्षाएं विषय पर प्रदेशवासियों से बातचीत करेंगे लोकवाणी का प्रसारण छत्तीसगढ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्रों एफ एम रेडियो और क्षेत्रीय समाचार चौनलों से सुबह साढ़े दस से ग्यारह बजे तक होगा भाजपा बैठक भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की वर्चअल बैठक में प्रदेश में महिलाओं के विरूद्व बढ़ रहे अपराधों और दृष्कर्म की घटनाओं पर चिंता व्यक्त की गई हैं बैठक में पार्टी पदाधिकारियों ने राज्य सरकार पर महिलाओं के प्रति संवेदनहीन होने और उनकी उपेक्षा करने का आरोप लगाया भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय विधायक शिवरतन शर्मा और प्रदेश महामंत्री मुपेन्द्र सवन्नी ने भी बैठक को संबोधित किया बैठक में महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपुत प्रभारी लता उसेंडी और प्रदेश महामंत्री चम्पा पावले भी मौजूद थीं संक्षिप्त समाचार राज्यपाल अनुसुईया उइके से आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने राजभवन में मुलाकात कर उन्हें भिक्सोपैथी के विरोध में ज्ञापन सौंपा कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के चलते स्कूली बच्चों को घर बैठे ऑनलाइन शिक्षण सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित पढ़ई तृहर दुआर कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर ई गर्वनेंस अवॉर्ड मिला है छत्तीसगढ़ नीति आयोग द्वारा डिजिटल लाइवलीहुड एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म उन्नति वेबपोर्टल तैयार किया गया है इस पोर्टल पर नियोक्ता पंजीकृत होकर रोजगार के अवसरों की जानकारी अद्यतन कर सकते हैं वहीं इच्छ्क श्रमिक रोजगार के लिए आवेदन कर सकेंगे

जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया राजधानी रायपुर में नकली डॉक्टर बनकर इलाज के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तार कर लिया है राजनांदगांव के मानपुर विकासखंड के अंतर्गत संकुल दिघवाड़ी में संकुल स्तरीय खिलौना प्रदर्शनी का आयोजन किया गया प्रदर्शनी में बारह स्कूलों के शिक्षकों ने कोरोना काल के दौरान अपने द्वारा बनाए गए खिलौनों का प्रदर्शन किया न्यायालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहन चालकों से लूटपाट करने के मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है इन आरोपियों के खिलाफ बिलासपुर रायपुर और कोरबा सहित अन्य जिलों में भी जूर्म दर्ज है महासमुंद में सिटी कोतवाली के पास स्थित हाईस्कूल मैदान में अब से कुछ ही देर बाद एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा देशमक्ति गीत माला पर आधारित इस कार्यक्रम में टीवी कलाकार जाकिर हसैन अपनी प्रस्तृति देंगे भिलाई में कल से ऑल इंडिया टी ट्वेंटी क्रिकेट दूर्नामेंट शुरू होगा